प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ौतरी जारी मृतकों का आंकड़ा हुआ पांच लॉकडाउन प्रतिबंधों के बीच मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार लोगों ने घरों में अदा की ईद की नमाज उड़ान कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के चलते प्रदेश में बंद हवाई सेवाएं आज से शुरू हो गई

कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक किशोर शर्मा ने कहा कि हवाई सेवाओं को शुरू करने को लेकर मंत्रालय की ओर से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके अनुरूप एयरपोर्ट पर व्यवस्थाएं की गई है इस बीच कांगड़ा से बाहर जाने वाले यात्रियों ने भी कोरोना संकमण को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के साथ हवाई अड्डे पर प्रवेश किया जो भी यात्री बाहरी राज्य में जाने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे थे उनके सूट केस और बैग सेनिटाइज किए गए और हैंड वाशिंग के साथ थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई हालांकि आज एयर इंडिया की दो उड़ानें कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचनी थी जो किन्हीं कारणों से रदद हो गई एसडीएम जतिन लाल ने कहा कि इन दो सेवाओं के रद्द होने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि लेकिन उम्मीद है कि कल ये विमान सेवा शुरू हो जाएगी

तैयारी इस बीच कुल्लू प्रशासन ने भी हवाई उड़ानें शुरू करने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बाद एहतियाती कदम उठाए हैं ज़िलाधीश ऋचा वर्मा ने बताया कि भुंतर हवाई अड्डे पर आने वाले सभी यात्रियों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की जाएगी और जांच के बाद ही यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे पर एक नोडल अधिकारी हवाई अड्डा प्राधिकरण जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम के बीच समन्वयक के रूप में काम करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय उड़ान सेवा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा दिशा निर्देश जारी किए हैं केन्द्र ने राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि वे हवाई अड्डों रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा दें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस स्टेंड के अलावा यात्रा के दौरान भी सभी सावधानियों का पालन करना होगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा से पहले यात्रियों की जांच की जाए इसके अलावा राज्यों को यह भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाने वाले व्यक्तियों को ही हवाई रेल और बस यात्रा की अनुमति दी जाए वहीं यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा

इन सभी स्थानों की नियमित रूप से सफाई की जाए और साबुन और सेनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए

उन्होंने कहा कि इन लोगों को अपने अपने ज़िले में स्थापित संस्थागत क्वारंटीन केन्द्रों में रखा जाएगा जहां पर प्रशासन द्वारा इनके ठहरने व सभी मूलभूत सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई है अपनी घर वापसी के लिए इन लोगों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है प्रतिनिधिमंडल होटल गेस्ट हाउस रेस्तरां व होम स्टे एसोसिएशन कुल्लू का एक प्रतिनिधिमंडल आज परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाक्र से मिला एसोसिएशन के उप प्रधान दीपक सोनी की अध्यक्षता में इस प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन मंत्री को कोरोना के चलते पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों को आ रही समस्याओं से अवगत करवाया उन्होंने कहा कि प्रदेश के बड़े व्यवसाय पर्यटन पर कोरोना की सबसे अधिक मार पड़ी है उन्होंने केन्द्र व राज्य सरकार से पर्यटन कारोबारियों के लिए विशेष सहायता पैकेज की मांग की ताकि उनकी मुश्किलें कुछ कम हो सकें परिवहन मंत्री गाविंद सिंह ठाकुर ने इस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया और कहा कि इस मामले में उचित निर्णय करने का प्रयास किया जाएगा कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना संकमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं

इनमें कांगड़ा से सात उना से छः चंबा से चार शिमला से तीन जबकि हमीरपुर से एक मामला है इस बीच कोरोना संक्रमित दो महिलाओं का निधन भी हुआ है

ये महिला किडनी की बीमारी से भी ग्रस्त थी

महिला के पति में भी कोरोना संकमण के लक्षण पाये गए है वो हमीरपुर के कोविड अस्पताल में उपचाराधीन है इसके अलावा आज दोपहर बाद मण्डी जिला की एक अन्य बुजुर्ग महिला का नेरचौक मैडिकल कॉलेज में निधन हो गया

ईद देश सहित प्रदेशभर में आज ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया यह पर्व रमजान की समाप्ति पर मनाया जाता है कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन के कारण मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों में ही ईद की नमाज अदा की चंबा में इस मौके पर अंजुमन इस्लामियां संगठन ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया नाहन सोलन व शिमला में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घर पर ही परिवार के साथ ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेप्पतुल्ला अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्र मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन और प्रदेश के मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद उल फितर की बधाई दी है अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि यह त्यौहार देश में एकता शांति और आपसी भाईचारे की भावना को और मजबूत करेगा कांग्रेस हिमाचल प्रदेश को देश के क्वारंटीन डैस्टिनेशन बनाने के मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस मुखर हो गई हैं पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वो प्रदेश को क्वारंटीन डेस्टिनेशन बनाने की बजाए बढ़ते कोरोना संकमण को रोकने के लिए उचित कदम उठाए उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में बनाए गए क्वारंटीन केंद्रों की हालत दयनीय है और यहां पहुंचने वाले लोगों को भोजन सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने में सरकार विफल रही है रजनी पाटिल ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं तलाशने की भी राज्य सरकार को सलाह दी उज्जवला योजना कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीब तबके के लिए राहत बनकर आई है योजना के तहत विभिन्न घटकों के माध्यम से गरीब लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है मंडी ज़िले में उज्जवला योजना की लाभार्थी महिलाओं को गैस सिलेंडर भरवाने के लिए उनके खाते में पैसे डाले गए हैं महिलाओं ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में ये राशि उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है उन्होंने इस मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया

इस हादसे में घायल मानसिंह को त्रंत उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल पहंचाया गया गंभीर स्थिति को देखते हुए घायल विद्यत कर्मचारी को पीजीआई चण्डीगढ़ रैफर कर दिया गया इस बीच वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने घायल विद्युत कर्मी को आर्थिक मदद पहुंचाई है मांग राज्य वन निगम के पूर्व निदेशक सुभाष चौहान ने प्रदेश सरकार से चंबा जिले की जनजातीय पांगी घाटी के लिए हैलिकॉप्टर उड़ान की मांग की है उन्होंने कहा कि मडग्राम पूल के क्षतिग्रस्त हो जाने से लाहौल व कुल्लू के रास्ते पांगी की आवाजाही बंद हो गई है इसके अलावा जम्मू व साचपास का रास्ता भी बर्फबारी के चलते बंद है